आठ सीटों पर डाले जांएगे वोट

सभाएं और रोड शो जारी

छठे चरण के मतदान के लिए एक लाख तेरह हजार मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं चुनाव को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई हैं

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकांताराव ने मुरैना भिंड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपना मतदान अवश्य करने की अपील की है

मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा संवेदनशील मतदान केन्द्रों के लिये बेवकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गयी है

इस चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर होगा कल होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया है

वही कल विदिशा संसदीय क्षेत्र के सागर और विदिशा में होने वाले मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है

विदिशा संसदीय में होने वाले मतदान के लिये एक हजार तीन सौ इक्कीस मतदान केन्द्र बनाये गये है

विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिये इन क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज खरगौन में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों के जंगल जमीन दोनो छीन लिये है उन्होने कहा कि भाजपा सरकार किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे है श्री गांधी कांग्रेस उम्मीदवार गोविन्द मुजाल्दे के समर्थन में सभा कर रहे थे उन्होंने धार जिले के अमझेरा में आम सभा को संबोधित करते हुए राफेल नोटबंदी जीएसटी सहित अनेक मुद्दों पर केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की आलोचना की अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गिरवाल को भारी मतों से जिताने की अपील की वहीं शाजापुर जिले के शुजालपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद टिपाणियां के समर्थन में भी आम सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा दिया है श्री मोदी अब अच्छे दिनों की बात नहीं करते है श्री गांधी ने कहा कि हमने किसानों से कर्ज माफी का वायदा दो दिन में पूरा किया है इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल इन्दौर और खंडवा के छैगॉवमाखन में रैलियों को संबोधित करेंगे

विदिशा जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए तीन पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जायेगी दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति होगी उधर शिवपुरी जिले में भी दिव्यांग वृद्ध और गर्भवती महिला मतदाताओं की सहायता के लिए दिव्यांग मित्र नियुक्त किए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रहा पी ने बताया कि ऐसे मतदाताओं के लिए अलग से सुगम्य पास जारी किए गए है ट्रक दुर्घटना ग्वालियर जिले में दो ट्रकों के बीच वैन के कुचल जाने से एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई मृतकों में दो लड़कियां भी शामिल हैं जबकि दो अन्य घायल हो गए पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना देर रात हुई जब पीड़ित लोग मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से डबरा शहर जा रहे थे घायलों को उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया है वही आगरमालवा जिले में सुसनेर थानान्तर्गत कोटा मार्ग पर आज एक बाईक और जीप की भिडंत में बाईक सवार एक महिला सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई सिद्धू बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्ध द्वारा की गयी विवादास्पद टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कडी निन्दा की है श्री सिद्ध द्वारा इंदौर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गयी टिप्पणी की आलोचना करते हुए महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इससे उनकी स्त्री विरोधी मानसिकता का पता चलता है श्रीमती शर्मा ने एक ट्वीट कर कहा कि श्री सिद्ध की टिप्पणी घोर निदंनीय है एक तरफ भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में नयी नयी उपलक्षियां हासिल कर रही है जबकि श्री सिद्ध उनको केवल स्त्री विरोधी चश्मे से देखते है

इसके पहले कल रात दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में चैन्नई सुपरकिंग्स ने डेल्ही कैपिटल्स को छह विकेट से हरा कर फायनल में प्रवेश किया

जिले में अवैध खनन और परिवहन के विरूध लगातार कार्यवाही की जा रही है